सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंत्तालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखे पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है इस श्रेणी में एक जनवरी उन्नीस सौ सतहत्तर से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है पैंतालीस साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए को विन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है इसके लिए तीन बजे के बाद लोगों को अपने पहचानपत्र के साथ नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाना होगा यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो इसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है

राज्य सरकार जल्द ही टीकाकरण के लिए भी एक कैलेंडर बनाएगी प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि केंद्रित कोविड परीक्षण के पैटर्न पर राज्य सरकार केंद्रित टीकाकरण के लिए भी एक कैलेंडर तैयार कर रही है एक सप्ताह के भीतर सरकार समाज के विभिन्न वर्गो जैसे दुकानदार रिक्शा चालक ड्राइवर वकील मीडियाकर्मियों और अन्य समूहों को टीकाकरण अभियान के लिए आने के लिए आमंत्रित करेगी पिछले चौबीस घंटों के दौरान चालीस हजार से अधिक रोगी ठीक हुए इसके साथ ही देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर तिरानबे दशमलव आठ नौ प्रतिशत हो गई है मंत्रालय ने कहा कि अब तक एक करोड चौदह लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं इस समय देश में पांच लाख चौरासी हजार से अधिक सक्रिय मामले हैं जो कुल संक्रमितों का चार दशमलव सात आठ प्रतिशत है

इसके लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गेहूं खरीद की समी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है लखनऊ में गेहूं खरीद की तैयारियों के बारे में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये संकल्पित है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिये अधिक समय का इंतजार न करना पड़े जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष दो हजार उन्नीस के प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज इसकी घोषणा की

इस बार चयन करने के लिए पांच जूरी मेंबर थे आशा मोंसले मोहन लाल विश्वजीत चौटर्जी शंकर महादेवन और सुमाष घई ये पांच जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्व सम्मति से अपने महानायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारीश की है और उसको हमने स्वीकारा है रजनीकांत को यह पुरस्कार अगले महीने की तीन तारीख को दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को बघाई दी है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि रजनीकांत ऐसे अभिनेता हैं जिनकी लोकप्रियता दर्शकों की कई पीढियों में बनी हुई है उन्होंने कहा कि ये अपनी विविध भूमिकाओं और शानदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर मार्च दो हजार इक्कीस के अनुसार यथावत जारी रहेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत सरकार दो हजार बीस इक्कीस की अंतिम तिमाही में प्रचलित लघु बचत ब्याज दरें जारी रखेगी

कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों के अलावा देश भर के सभी औद्योगिक संस्थानों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा

कोविड महामारी की वजह से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पैन और आघार को जोड़ने की अंतिम समय सीमा कल खत्म हो रही थी जिसे आगे बढ़ा दिया गया है